उत्तराखण्ड बोर्ड की इण्टर और हाई स्कूल की परीक्षाएं आज से शुरू मुख्यमंत्री ने छात्रों से तनावमुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होने को कहा बर्फबारी होने के चलते केदारनाथ में प्नर्निर्माण कार्य प्रभावित

सीबीआई जांच सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तर टायर ट्र परीक्षा के कथित रूप से पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों की मांगे स्वीकार कर ली हैं और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं उन्होंने प्रदर्शनकारियों से विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की

श्भकामना उत्तराखण्ड बोर्ड की इण्टर और हाई स्कूल की परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं हैं परीक्षाओं को शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ प्रशासन भी गम्भीरता से काम कर रहा है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की सफलता की कामना करते हए उन्हें श्रभकामनाएं दी है उन्होंने विद्यार्थियों से तनावमुक्त होकर स्वयं के अन्दर आत्मविश्वास का भाव जागृत कर परीक्षा में शामिल होने को कहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी छात्रों से तनावमुक्त होकर परीक्षा देने तथा परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाने की सीख दी है उन्होंने अभिभावकों से भी विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक और सहयोगपूर्ण व्यवहार रखने की अपील की है चयन प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि अगले महीने रिक्त हो रही राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम का चयन आलाकमान के स्तर से ही होगा किसी बाहरी व्यक्ति को राज्यसभा सीट पर मौका दिए जाने संबंधी प्रश्न के उत्तर में श्री भट्ट ने कहा कि चयन के संबंध में पार्टी अपनी कृशल नीति से इस मसले का हल निकाल लेगी

बैंड बीटल्स अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में कल शाम ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के नाम रही द बीटल्स ट्रीब्यूट बैंड के सदस्यों ने पांच दशक बाद ऋषिकेश की धरती पर एक बार फिर बीटल्स के गीत संगीत के रंग घोले

महोत्सव में जौनसारी लोक कलाकारों की प्रस्तृति भी आकर्षण का केंद्र रही

सुविधा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने सभी दूरसंचार कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा है जिससे वे जान सकें कि उनके आधार से कौन कौन से मोबाइल सिम सम्बद्व हैं

शिक्षा सुधार प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है इसके तहत राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक हर महीने के अंतिम सप्ताह में मासिक परीक्षांए आयोजित की जांएगी

मौसम केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी होने के कारण धाम में जारी पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं

प्राप्त जानकारी के अनुसार केदारपुरी क्षेत्र में लगभग दो फिट से अधिक तक बर्फ गिर चुकी है

उन्होंने पुनर्निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली

चमोली जिले में बर्फबारी और नैनीताल चम्पावत और बागेश्वर में आज दोपहर के समय ओलावृष्टि होने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं बागेश्वर जिले में सुबह करीब दो बजे तेज अंधड़ के साथ गरुड़ और कपकोट के तमाम गांवों में जमकर ओलावृष्टि होने से किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है जिलाधिकारी ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का आंकलन करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी

इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में फुटबॉल अकादमी के संस्थापक वीरेंद्र सिंह रावत और प्रतियोगिता की मुख्य प्रायोजक अर्चना शर्मा ने बताया कि इस चौंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन राज्य में फूटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है

प्रतियोगिता तीन आय् वर्गों में होगी

जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि जिले में महिलाओं की आजीविका में सुधार के लिए गांव मे सब्जी उत्पादन का काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि जिले के सभी कृषकों को पारम्परिक कृषि के स्थान पर नगदी फसल की खेती करने को कहा गया है संसद बजट सत्र संसद में बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों पर शोर शराबे के कारण कामकाज में रूकावट आई

सदन की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित किये जाने के बाद फिर शुरू होने पर कांग्रेस वामदल और तुणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने बैंक धोखाधड़ी का मामला उठाया

राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही तुणमुल कांग्रेस ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी और तेलगुदेश पार्टी के सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में सदन के बीचोबीच आ गये तुणमूल कांग्रेस ने आभूषण कारोबारी नीरव मोदी को वापस भारत लाने की मांग की लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही पहले दस मिनट के लिए और फिर दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई कार्यवाही फिर शुरू होने पर शोर शराबा जारी रहने के कारण सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई स्वच्छता स्पर्श गंगा की ओर से देहरादून की रिस्पना नदी में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया अभियान के दौरान स्पर्श गंगा की टीम ने नदी क्षेत्र में गंदगी के ढेर को साफ किया इस दौरान टीम के सदस्यों ने मौजूद लोगों से नदी को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया जन शिकायत चमोली में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर में जिलाधिकारी आशीष जोशी ने लोगों की समस्याओं को सुना इस दौरान उन्होंने अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया जबकि अन्य समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया